गंगा सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी

राजद के तीन विधायक चंद्रिका राय जयवर्धन यादव और फराज फातमी आज जदयू में शामिल हो गये जदयू के वरिष्ठ नेता विजेन्द्र यादव और श्रवण कुमार ने तीनों को पार्टी की सदस्यता दिलायी चंद्रिका राय राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के समधी हैं और परसा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं वहीं जयवर्धन यादव पटना के पालीगंज और फराज फातमी दरभंगा के केवटी क्षेत्र से विधानसभा के लिये चुने गये थे इन तीन विधायकों के जदयू में शामिल होने के साथ ही राजद छोड़ कर जदयू में जाने वाले विधायकों की संख्या बढ़कर छह हो गयी है इधर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया है पटना में हुई पार्टी की कोर कमिटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी इसके बाद महागठबंधन में चार दल राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और वीआईपी पार्टी ही रह गये हैं इधर जीतन राम मांझी के जदयू में जाने और उनकी पार्टी हम के जदयू में विलय के कयास लगाये जा रहे हैं मोर्चा के नेता दानिश रिजवान ने कहा कि उनकी पार्टी का अगला रूख क्या होगा इस पर एक दो दिनों में फैसला लिया जायेगा गठबंधन छोड़ने के कारणों के बारे में हम के नेता संतोष सुमन ने कहा कि महागठबंधन में उनकी पार्टी को नजरअंदाज किया जा रहा था इधर राष्ट्रीय जनता दल के भाई विरेन्द्र ने कहा है कि गठबंधन में श्री मांझी को काफी सम्मान दिया गया था लेकिन वे समन्वय समिति के बहाने दबाव बनाने का काम कर रहे थे वहीं भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि महागठबंधन में श्री मांझी की उपेक्षा हो रही थी जिसके चलते उनका धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़ दिया प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है राज्य के सोलह जिलों में बाढ़ से बयासी लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के कारण गोपालगंज सारण और मुजफ्फरपुर जिले में कई नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है नेपाल में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है जिसे देखते हुए गंडक नदी के जलस्तर में फिर बढ़ोतरी की आशंका है इधर गंगा नदी के किनारे बसे कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने के बाद अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है मुंगेर जिले में गंगा नदी का पानी दियारा क्षेत्र में टीकारामपुर पंचायत के कई गांवों में प्रवेश कर गया है वहीं मुंगेर शहर के लाल दरवाजा चौखंडी चंडिका शक्तिपीठ स्थान में बाढ़ का पानी फैल गया है पटना जिले में भी विभिन्न घाटों के ऊपर गंगा की बाढ़ का पानी आ गया है इसे देखते हुए फरक्का बांध के सभी फाटक खोल दिये गये हैं जिससे जलस्तर में कमी होने की संभावना है जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है इधर दरभंगा जिले में विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी के बाद बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है

बक्सर पटना मुंगेर और भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है या इसके आसपास बना हुआ है पटना के गांधी घाट में नदी का जलस्तर लाल निशान से दस सेंटीमीटर ऊपर चला गया है हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से तीस सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया वहीं भागलपुर के कहलगांव में गंगा नदी खतरे के निशान से तीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है वहीं सोन नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर पटना अरवल और रोहतास जिले में अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है मध्य प्रदेश के वाण सागर बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है जिसके बाद इस नदी के जलस्तर में और बढ़ोतरी हो सकती है घाघरा नदी के जलस्तर में भी सीवान और सारण जिले में कई स्थानों पर बढ़ोतरी हुई है सीवान के गंगपुर सिसवन में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब चालीस सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया इधर राज्य की अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है और कई स्थानों पर यह स्थिर बना हुआ है बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है लेकिन समस्तीपुर जिले के रोसड़ा में यह लाल निशान से एक मीटर ऊपर दर्ज किया गया खगड़िया में भी ब्रूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर है मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार सुस्त है जिसके चलते आज और कल राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश से राहत मिलने के आसार हैं वहीं अगले अड़तालीस घंटों के दौरान बक्सर रोहतास भोजपुर कैमूर औरंगाबाद अरवल और जहानाबाद के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है मौसम वैज्ञानिक अमित कुमार ने बताया कि बाईस अगस्त के बाद फिर से राज्य में अच्छी बारिश हो सकती है

शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पूरी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये परिणाम जारी किये इसमें दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर शहर लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहा है सर्वेक्षण में पटना को सैंतालीसवां स्थान प्राप्त हुआ है इधर इस सर्वेक्षण में गंगा कोरिडोर परियोजना को लागू करने में मुंगेर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है इस सर्वेक्षण में एक करोड़ सतासी लाख लोगों ने भाग लिया इस अवसर पर लोगों से संवाद करते हुए शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से लोगों के व्यवहार में भी बदलाव आया है श्री पुरी ने कचरे से खाद बनाने के लिये अपनायी जाने वाली तकनीकों पर प्रसन्नता जतायी साउंड बाईट वेस्ट दू वेल्थ का एक बहुत अच्छा एक्जामपल है और मैं समझता हूं कि जैसे आपने इसको स्केल अप किया है कमर्शियल लेवल पर तो मै समझता हूं इससे बाकी लोग भी मैंने इसके और उदाहरण भी देखें हैं कई और राज्यों में भी और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसके बारे में जानकारी दी इससे जो मैसेज जाएगा बाकी स्टेट को ये एक कर्मशियल लेवल पर स्केलिंग आपका आपको धन्यवाद

केन्द्रीय मंत्री ने इस अवसर पर सामुदायिक शौचालय का संचालन और प्रबंधन करने वाले मुंगेर नगर निगम क्षेत्र के निवासी कुछ लोगों से भी बातचीत की राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने कोविड संक्रमण के प्रसार के चलते प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लंबित परीक्षाओं और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिये विश्वविद्यालयों को विशेष कदम उठाने के अधिकार प्रदान किये हैं विश्वविद्यालयों को विशेष परिनियम ट्रांजिटरी रेगुलेशन के तहत विश्वविद्यालयों को यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार मानकों का पालन करते हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों को पूरा करने और लंबित परीक्षाओं के संचालन का अधिकार दिया गया है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संयुक्त पात्रता परीक्षा सीईटी के आयोजन के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए के गठन को मंजूरी दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस एजेंसी को करोड़ों युवाओं के लिए वरदान बताया है श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि अब कई परीक्षाएं आयोजित नहीं करनी पड़ेंगी

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है उन्होंने कहा कि इससे रोजगार चाहने वाले युवाओं को लाभ मिलेगा श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश के युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है

राज्य में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर एक लाख पंद्रह हजार से अधिक हो गया है आज दो हजार चार सौ इक्यावन नये मामलों की पुष्टि हुई सबसे अधिक तीन सौ सड़सठ मामले पटना जिले से सामने आये हैं वहीं मुजफ्फरपुर से एक सौ चौहत्तर मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार एक सौ इकतालीस मामले मधुबनी और एक सौ दो मामले कटिहार में रिकार्ड किये गये हैं वहीं पूर्वी चंपारण से नब्बे और सारण से निन्यानवे मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में तीस हजार तिरेसठ लोगों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है देश में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बढकर आज चौहत्तर प्रतिशत हो गई है सरकार द्वारा संक्रमण से निपटने के लिए समय पर किये गये त्वरित उपायों के कारण अब तक करीब इक्कीस लाख लोग ठीक हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटों में देश में उनसठ हजार से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं अब तक भारत में बीस लाख छियानवे हजार छह सौ चौंसठ लोग संक्रमण से ठीक हुए संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी तेजी से घटकर एक दशमलव नौ शून्य पर आ गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में लगभग उनहत्तर हजार नये मामले मिलने से अब तक संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या लगभग अठाईस लाख सैंतीस हजार हो गई है वहीं इस महामारी से अब तक तिरेपन हजार आठ सौ छियासठ लोगों की मृत्यु हो चुकी है राज्य सरकार ने विभिन्न निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिये दरें तय कर दी है स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में विभिन्न जिलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर इलाज का रेट तय किया गया है राजधानी पटना को श्रेणी ए में रखा गया है जबकि भागलपुर मुजफ्फरपुर दरभंगा गया और पूर्णिया को श्रेणी बी में रखा गया है अन्य जिलों को श्रेणी सी में रखा गया है पटना में कोरोना के इलाज के लिये निजी अस्पताल प्रतिदिन अधिकतम अठारह हजार रूपये ले सकते हैं वहीं बी श्रेणी के जिलों में अधिकतम चौदह हजार चार सौ रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है जबकि सी श्रेणी के जिलों में कोरोना के इलाज के लिये प्रतिदिन अधिकतम दस हजार आठ सौ रूपये निर्धारित किया गया है आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों के परामर्श प्रसारित किये जाते हैं आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने लोगों से संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करने का आग्रह किया साउंड बाईट अपने बुजुगों का ख्याल रखना अलग रखना दूरी बनानी लेकिन सोशली उनको इमोशनली उनको दूर नहीं करना और इसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने को वर्कर के साथ में जहां हम जा रहे हैं जहां हम खड़े हो रहे हैं लाइन में खड़े हो रहे हैं शॉप पर हैं वर्क पैलेस पे है बहुत जरूरी है और साथ साथ मै यह भी याद दिलाउगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं और हैंड को भी सेनेटाइज करने हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आज उनकी छिहत्तरवीं जयन्ती पर याद किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की इधर पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित जयंती समारोह में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत अन्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर आज से वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है गंगा नदी पर बने इस पुल के पूर्वी लेन की अब मरम्मत की जायेगी जब तक यह लेन चालू नहीं होगा नवनिर्मित पश्चिमी लेन से वाहनों की आवाजाही होगी

गंगा सोन और पुनपुन नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी